रक्षामंत्री राजनाथ सिंह की ओर से दिल्ली में जारी एक विज्ञप्ति में बताया गया कि यह सहायता राशि थल सेना युद्ध हताहत कल्याण कोष के माध्यम से दी जाएगी

हमारी रीवा संवाददाता ने खबर दी है कि इन प्राचार्यो ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचना दिये बिना ही इन स्कूलों का संचालन बंद कर दिया था संभागायुक्त डॉक्टर अशोक क्मार भार्गव ने बंद किये विद्यालयों को पुनः शुरू करने के निर्देश दिये हैं

इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किये जा रहे हैं रीवा जिले में कल जिला स्तरीय रैली आयोजित की गई जिसमें कई स्कूलों के विद्यार्थियों और स्वयंसेवी संगठनों के लोग शामिल हुए इसी कम में आगरमालवा जिले में भी नशे की लत के खिलाफ जनजागरूकता लाने के उद्देश्य से आज जिला मुख्यालय से नशामुक्ति रैली निकाली गई और लोगों को इसके रोकथाम के लिये शपथ दिलाई गई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

इस बार अच्छी खबर में आप जानेंगें डिंडोरी जिले के एक ऐसे अनूठे स्कूल के बारे में जो ट्रेन की तरह दिखता है

इसी कम में आगरमालवा जिले में कल से तीन दिवसीय शिविर शुरू हुआ शिविर में लोगों की विभिन्न समस्याओं का निराकरण किया गया श्योपुर जिले के बड़ोदा और विजयपुर में स्वच्छता अभियान को लेकर शिविर लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है इस दौरान आमलोगों में पॉलिथिन से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में भी जानकारी दी गई

इससे पहले इनकी चित्र प्रदर्शनी मध्यप्रदेश जनजातीय संग्रहालय शान्ति निकेतन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा और मानव संग्रहालय में लग चुकी है खेल दोहा में खेले जा रहे एथलेटिक्स विश्व चैंपियनशिप में राष्ट्रीय रिकार्ड में सुधार के साथ अविनाश सांवले पुरूषों की तीन हजार मीटर स्टीपल चेज स्पर्धा में टोक्यो ओलंपिक के लिये क्वालिफाई कर गये हैं

उन्होंने इसी स्पर्धा के प्रारम्भिम मुकाबले में नया राष्ट्रीय रिकार्ड बनाया था

वहीं महाराष्ट्र के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय निरूपम ने भी राज्य में चुनाव के दौरान प्रचार न करने की बात कही है

कार्यवाही में आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने से संबंधित कागजात बरामद हुए